कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समक्ष कल गंभीर संकट पैदा होने के बाद ये निर्णय लिया गया गौरतलब है कि सरकार के छह मंत्रियों सहित बाईस कांग्रेस विधायकों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था

बाईस सदस्यों के त्यागपत्र देने से विधानसभा की प्रभावी संख्या दो सौ छह रह जाएगी किसी भी पार्टी को सदन में बहमत सिद्ध करने के लिए एक सौ चार का जादुई आंकडा छूना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया

मतदान के एक घंटे बाद वोटों की गिनती की जाएगी

ये व्यक्ति दुबई से हाल ही में लौटकर आया है इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना वायरस पोजेटिव लोगों की संख्या तीन हो गई है इससे पहले इटली से प्रदेश में घ्मने आये एक दम्पत्ति में वायरस की पुष्टि हुई थी जिनका अलग से ईलाज किया जा रहा है राज्य सरकार ने कहा है कि चिकित्सा विभाग और अन्य महकमे कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह सतर्क है किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है इस वायरस से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है इधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कुमार ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि सरकार स्थिति पर कडी निगरानी रखते हुए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के हरसंभव उपाय कर रही है उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने केरल राजस्थान तमिलनाडु और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की है संजीवा कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल सचिव ने भी कल स्थिति की समीक्षा की और इस बारे में एक नया परामर्श जारी किया

इसके तहत महिलाओं और बच्चों के स्वांस्थ्य और पोषण के बारे जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

मौसम विभाग के अनुसार विक्षोम के सक्रिय होने से प्रदेश के आस पास एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जिसका ज्यादा प्रभाव आज देखने को मिलेगा इसी के असर के कारण कल भी कई स्थानों पर बारिश हुई आज और कल बीकानेर जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवाओं के चलने की संभावना है आज कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है